तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी से जनजीवन प्रभावित

मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया है इस विधेयक में तीन बार तलाक बोलकर फटाफट तलाक देने को अमान्य और अवैध घोषित करने का प्रावधान है सदन में इस विधेयक पर चर्चा हुई कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और इसका धर्म से लेना देना नहीं है

इसका राजनीति से राजनैतिक और वैचारिक मतभेदों से कोई लेना देना नहीं है इसका धर्म पूजा पाठ के तरीकों और किसी की आस्था से भी कोई लेना देना नहीं है इसका संबंध महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने उनकी गरिमा बनाये रखने और स्त्री पुरूष समानता बहाल करने से है पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने अलग अलग घटनाओं में लगभग बाईस लाख रूपये से अधिक लूट लिये पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप कर्मी से चौदह लाख सतहत्तर हजार रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप कर्मी बैंक में रूपये जमा कराने जा रहा था इसी दौरान मोटरसाईकिल सवार दो अपराधियों ने रूपये से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गये पुलिस मामले की जांच कर रही है इधर मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतपूर पूलिस चौकी क्षेत्र में अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से सात लाख रूपये से अधिक लूट लिये प्रलिस द्वारा जिले से लगने वाली सीमा और प्रमूख रास्तों को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खगड़िया और दरभंगा में तीन सौ नवासी करोड़ रूपये की लागत से सड़क पुल और विभिन्न विकास योजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास किया श्री कुमार ने सबसे पहले खगड़िया के सोनवर्षा घाट पर आयोजित समारोह में कोसी नदी के बीपी मंडल सेतु का उद्घाटन किया डुमरी पुल के नाम से मशहूर इस सेतू को जीर्णोद्धार के आठ साल बाद खोला गया है वर्ष दो हजार दस में कोसी में आयी बाढ़ के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया था इसके बाद भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था जबकि पिछले तीन साल से इस पर आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित थी लगभग संतावन करोड़ की लागत से इस पुल का जीर्णोद्वार किया गया है आवागमन के लिये खूल जाने के बाद खगड़िया के अलावा सहरसा मधेप्रा और सूपौल के लोगों को आने जाने में काफी सूविधा होगी उन्होंने दरभंगा के बिरौल में आयोजित समारोह में बिरौल से सहरसा जिले के गंडौल तक स्टेट हाईवे सत्रह पर सड़क और पूल का उदघाटन किया साढ़े बारह किलोमीटर से अधिक लंबे इस पूल के बन जाने से सहरसा और दरभंगा के बीच की दूरी घटकर बयालीस किलोमीटर रह जायेगी पहले यह दूरी एक सौ पच्चीस किलोमीटर से अधिक की थी इस अवसर पर आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आज दूसरी रैंकिंग जारी की इस रैंकिंग में राज्य के औरंगाबाद जिले ने विकास के मानकों पर तेज गति से प्रगति की है इस वर्ग में प्रथम स्थान तमिलनाड् के विरूध्नगर ने हासिल किया है सामाजिक प्रगति के ब्रनियादी मानको के तहत औरंगाबाद जिले का स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा कौशल विकास और ब्रनियादी ढांचा सहित विभिन्न पैमानों पर बेहतरीन प्रदर्शन रहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष जनवरी में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया था इसका उद्देश्य प्रमूख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति करने वाले जिलों में तेजी से बदलाव लाना है पटना और मूंगेर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा अलर्ट के मददेनजर प्रदेश भर में चौकसी बरती जा रही है पटना के चिड़ियाघर में आज तीसरे दिन भी पक्षियों के पिंजड़ों और आसपास के क्षेत्रों को संक्रमण मुक्त किया गया चिड़ियाघर के आसपास के पोल्ट्री फार्म और चिकेन बिक्री केन्द्र से नमूने लिये गये जिनकी जांच करायी जायेगी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी परामर्श में लोगों से अपील की गयी है कि क्छ दिनों तक मूर्गी और अंडों के सेवन में सावधानी बरतें विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरती जा रही है प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है शेखप्रा में मुर्गा सहित अन्य पक्षियों के एक सौ नमूने संग्रह कर जांच के लिये पटना भेजा गया है जिला पश्पालन पदाधिकारी अजय क्मार ने बताया कि जिले में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है और प्रखंड स्तर के पश् चिकित्सक पक्षियों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं वहीं मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड के कुछ इलाकों में केन्द्रीय जांच टीम ने पक्षियों के नमूने लिये पिछले दिनों इस क्षेत्र में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया था सदर अस्पताल में बर्ड फ्लू के लिये एक विशेष वार्ड बनाया गया है पछ्आ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी का प्रकोप जारी है राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भागलपुर जिले का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो जबकि गया का सात डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने इकतीस दिसम्बर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है राज्य सरकार दो हजार अठारह उन्नीस के लिए गन्ना की पेराई पर प्रति क्विंटल दस रूपये का अनुदान देगी गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद की अध्यक्षता में पटना में चीनी मिलों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पेराई सत्र दो हजार अठारह उन्नीस के लिए निम्न प्रजाति की ईख पर प्रति क्विंटल दो सौ पैंसठ सामान्य प्रभेद के गन्ने पर दो सौ नब्बे और उत्तम प्रजाति के ईंख पर तीन सौ दस रूपये किसानों को मिलेंगे सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने आज कहा कि चालू खरीफ मौसम में अभी तक बीस हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है श्री सिंह ने पटना में कहा कि सभी पैक्सों में नमी की माप के लिये मशीन उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि अब उन्नीस प्रतिशत तक की नमी वाले धान की खरीद की जायेगी जिससे अधिप्राप्ति में तेजी आयेगी बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के बंद्आर इलाके में जमीन पर कब्जा मुक्त कराने गयी पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया इस घटना में छह प्रलिसकर्मी घायल हो गये जिसमें से तीन की हालत गंभीर बतायी जाती है क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है इसके मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है

पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची दरगाह इलाके से पुलिस ने एक ट्रक से पांच सौ बासठ किलो गांजा बरामद किया है ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और अब अंत में मुख्य समाचार तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी से जनजीवन प्रभावित